बिहार के लगभग छह करोड़ लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज झारखंड की राजधानी रांची में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का शुभारंभ किया इस योजना के तहत देश के दस करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को पांच लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जायेगा योजना से लगभग पचास करोड़ लोग लाभान्वित होंगे बिहार के लगभग छह करोड़ लोंगों को इस योजना का लाभ मिलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है बाईट समाज के आखिरी पंक्ति में जो इंसान खडा है गरीब से गरीब को इलाज मिलेस्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिले आज इस सपने को साकार करने का एक बहुत बडा अहम कदम इस बिरसा मुंडा की धरती से उठाया जा रहा है

इस योजना से देश के गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का सपना साकार हुआ है

देश के पचास करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को पांच लाख रूपये तक का हेत्थ इंश्योरेंस देने वाली यह दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है पूरे दुनिया में सरकार के पैसे से इतनी बड़ी योजना किसी भी देश में दुनिया में नहीं चल रही है श्री मोदी ने कहा कि इस स्वास्थ्य योजना का लाभ देने में जाति रंग धर्म और अन्य किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा बाईट हमारा मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास सम्प्रदाय के आधार पर आयुष्मान भारत योजना नहीं है जाति के आधार पर आयुष्मान भारत नहीं है ऊंच नीच के भेद भाव के आधार पर आयुष्मान भारत नहीं है सबका साथ सबका विकास किसी भी जाति से हो किसी भी बिरादरी से हो किसी भी इलाके से हो किसी भी सम्प्रदाय से हो ईश्वर को मानता हो या न मानता हो मंदिर में जाता हो मस्जिद में जाता हो गुरूद्वारे में जाता हो चर्च में जाता हो कोई भेद भाव नहीं हर किसी को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा यही है सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर गरीबों के नाम राजनीति करने का आरोप लगाते हुये कहा कि देश की आजादी के बाद अब तक उनके सशक्तिकरण के लिए कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है

गरीबों के आंख में धूल झोंकने वाले गरीबों के नाम की मालाएं जपते रहने वाले लोग आज से तीस चालीस पचास साल पहले गरीबों के नाम पर राजनीति करने के बजाय गरीबों के सशक्तिकरण पर बल देते तो देश आज जो हिन्दुस्तान देख रहा है वैसा नहीं होता उन्होंने गरीबों के संबंध में सोचने में गलती की यह मूलभूत गलती से देश को आज जो भुगतना पड़ रहा है उन्होंने यही सोचा गरीब कुछ न कुछ मांगता है

श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले चार सालों के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है जिसका फायदा गरीबों को मिल रहा है

हमने गरीबों का सशक्तिकरण इम्पॉवरमेंट ऑफ पूअर पर बल दिया और इसलिए गरीब को अगल घर मिलता है तो उसके जीवन की सोच बदलती है अगर गरीब मां को गैस का कनेक्शन मिलता है तो वो मां जिंदगी में आत्मविश्वास के साथ दूसरों की बराबरी में खड़ी रहती है जब गरीब के बैंक में खाता खुलता है तो वह भी आत्मसम्मान की अनुमूति करता है पैसे बचाने का यह इरादा तय कर लेता है जब गरीब का टीकाकरण होता है पोषण मिशन का लाभ मिलता है तो गरीब भी सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ता है श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कैंसर दिल की बीमारी किडनी लिवर और मध्रमेह की बीमारी के साथ ही तेरह सौ से अधिक बीमारियों का इलाज होगा उन्होंने कहा कि इन गम्भीर बीमारियों के इलाज की सुविधा सरकारी अस्पताल के साथ ही निजी अस्पतालों में भी मिलेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए तेरह हजार से अधिक अस्पतालों को सूचिबद्द किया गया है

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का श्रभारंभ राजधानी पटना के ज्ञान भवन के साथ पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर किया गया राज्यपाल लालजी टंडन ने इस मौके पर कहा कि इतिहास में पहली बार गरीबों के लिए इतनी बडी योजना का शुभारम्भ किया गया है जिसमें पचास करोड लोगों को एक साथ स्वास्थ्य सेवा से जोड़ा गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि यह योजना गरीबों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही पटना के पीएमसीएच अस्पताल को पच्चीस सौ बेड का बनाया जायेगा उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इस योजना से करोडों लोगों को रोजगार मिलेगा और बड़ी संख्या में रोजगार का सूजन भी हो सकेगा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कहा कि यह योजना गरीबो के लिए एक क्रांतिकारी योजना साबित होगी विधान परिषद के सभापति हारूण रशीद ने कहा कि इस योजना से गरीब लोगों को इलाज में अधिक सुविधा होगी केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाने वाले गरीबों के लिए यह योजना वरदान के समान है उन्होंने कहा कि इस योजना को पूरी मजबूती और पारदर्शिता के साथ लागू किया गया है केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि इस योजना को लागू कर प्रधानमंत्री ने गरीबों से किया गया अपना वादा पूरा किया है उन्होंने कहा कि इस योजना से बिहार के करोडों लोगों को फायदा होगा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा कि इस योजना से अब तक राज्य के तीन सौ तिरानवे अस्पतालों को जोड़ा गया है और जल्द ही अन्य अस्पतालों को भी इससे जोडा जाएगा इस योजना से प्रदेश के एक करोड़ आठ लाख चौबीस हजार परिवारों के लगभग छह करोड़ लोग लाभान्वित होंगे समस्तीपुर में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय नवादा में केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पूर्वी चम्पारण में केन्द्रीय मंत्री राधामोहन सिंह हाजीपुर में केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान रोहतास में केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा और सीवान में पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने इस योजना का शुभारंभ किया भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा योजना को ऐतिहासिक करार दिया है श्री शाह ने एक ट्वीट कर कहा कि सरकार ने विभिन्न योजनाओं के जरिये गरीबों को गरिमा के साथ जीवन का अधिकार दिया है उन्होंन कहा कि मोदी सरकार की परियोजनाओं में गरीब लोग केन्द्र में हैं औरंगाबाद जिले में मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड से खेतों के गुण दोष के बारे में जानकारी होने से किसान अब संतुलित रुप से उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं

जिले के रिसियप घेवरा बीघा गांव के किसान जयप्रकाश मेहता ने बताया कि अब खेती में भी लागत में कमी आयी है और बिना मतलब के रासायनिक खाद का दुरुपयोग भी बंद हुआ है

इससे उनका जीवन खुशहाल हो रहा है आकाशवाणी समाचार के लिए औरंगाबाद से कमल किशोर गया का विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला आज से शुरू हो गया है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने विष्णुपद मंदिर के परिसर में मेले का उद्घाटन किया मेला आठ अक्टूबर तक चलेगा इस दौरान देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपने पितरों का तर्पण और अपने पितरों का पिंडदान करने गया आते हैं जिला प्रशासन ने मेला के दौरान श्रद्धालुओं के ठहरने के साथ साथ चिकित्सा पेयजल और बिजली आप्रर्ति की समुचित व्यवस्था की है मेला में काफी संख्या में लोगों को देखते हुये सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं

बिहार के लगभग छह करोड़ लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा